मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना का श्भारम्भ किया

लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अट्ठाईस हजार छः सौ चौसठ मरीज स्वस्थ हुए

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम तय हो गया है मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तीन या पांच अगस्त को किया जाएगा श्रीराम जन्मभुमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अयोध्या में हई बैठक में यह फैसला लिया गया ट्रस्ट ने भुमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है मंदिर निर्माण की तिथि पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा ब्यौरा हमारे संवाददाता से कोरोना महामारी और देश की सीमाओंपर मौजूद तनाव के महेनजर ट्रस्ट ने फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केआगमन को लेकर प्रघानमंत्री कार्यालय की ओर से पुस्टि होने पर ही भूमि प्रजन की तिथिको अंतिम रूप दिया जायेगा ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी अयोध्या आने के लिए राजी हैं और प्रधानमंत्रीकार्यालय की और से तय किये जाने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य तीन या पांच अगस्तमें से किसी भी तारीख पर शुरू हो जायेगा उन्होंने कहा कि मंदिर के स्वरूप में मामूली बदलाव किया गया है और अब मंदिर में तीन की बजाय पांच गुंबद होगी

बैठक के बाद पत्रकारों सेवातचीत करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण मेएक अनुमान के मुताबिक तीन से साढ़े तीन साल का समय लग सकता है सुशील चंद्र तिवारीआकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता का आधार बनती है इसके लिये आवश्यक है कि समाज में संतुलन हो और यह संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये नवीन रोजगार छतरी योजना के शुभारम्म तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तीन हजार चार सौ चौरासी लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि हस्तांतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे योजना के तहत मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में सत्रह करोड़ बयालीस लाख रूपये की धनराशि अतंरित की कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर रायबरेली बस्ती मेरठ आजमगढ़ तथा मुरादाबाद जनपद के लाभार्थियों से संवाद भी किया श्री योगी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड नाइन्टीन के कारण आर्थिक व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं इन परिस्थितियों में भी प्रदेश सरकार लोगों को आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के दौरान तीन करोड़ छप्पन लाख प्रधानमंत्री जनधन खातों में पांच पांच सौ रूपये की धनराशि अंतरित की गई कोविड नाइन्टीन के मददेनजर प्रदेश में पचपन घंटों तक लागू प्रतिबन्ध कल सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगे शुक्रवार रात दस बजे से लगाए गए इन प्रतिबन्धों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द हैं आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को प्रतिबन्धों से छूट दी गई है औद्योगिक गतिविधियां भी प्रतिबन्धों से मुक्त हैं साप्ताहिक बन्दी के दौरान प्रदेश भर में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंदी के दौरान प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को अभियान की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाने में जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है इसलिए लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें उन्होंने विमिन्न विमागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सर्वे करने वाली मेडिकल टीम को अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण की आशंका दिखे तो उसका रैपिड एन्टीजन टेस्ट जरूर किया जाए मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में एम्बूलेंस की संख्या में वृद्धि के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर समेकित कमान एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित करते हए इसके माध्यम से एम्बलेंस सेवाओं के संचालन चिकित्सकीय जांच और सर्वेक्षण कार्य सहित कोविड नाइन्टीन की रोकथाम सम्बन्धी समस्त गतिविधियों की निगरानी की जाए मुख्यमंत्री ने शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और अस्पतालों की निगरानी के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए कोई कारगर दवा अथवा टीका अभी तक विकसित नहीं हुआ है इसलिए इस रोग से बचने के लिए निरन्तर सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के सत्रह हजार दो सौ चौंसठ मामले सक्रिय हैं वहीं अट्ठाईस हजार छः सौ चौंसठ मरीज इलाज के बाद ठीक हो गये हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक हजार एक सौ आठ रोगियों की मौत हई है प्रदेश में अब तक चौदह लाख छब्बीस हजार तीन सौ तीन कोविड नमूनों की जांच की गई देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित साढ़े छह लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं सरकार ने कहा है कि कुल छह लाख तिरपन हजार सात सौ इक्यावन लोग स्वस्थ हुए हैं इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बासठ दशमलव नौ तीन तक पहुंच गया है पिछले चौबीस घंटों में करीब अट्ठारह हजार लोग स्वस्थ हुए हैं फिलहाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित लोगों की क्ल संख्या तीन लाख अट्ठावन हजार छह सौ बानबे है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे में चौंतीस हजार आठ सौ चौरासी नए मरीज सामने आए हैं इसके साथ ही मरीजों की संख्या दस लाख अड़तीस हजार सात सौ सोलह हो गई है एक दिन में छः सौ इकहत्तर लोगों की मौत के साथ कुल संख्या छब्बीस हजार दो सौ तिहत्तर तक पहुंच गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है तथा कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव पर परीक्षण शुरू हो गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत शीघ्र ही इस महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर के क्पवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के समीप अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि देश को उन बहादुर सिपाहियों पर बहुत गर्व है जो हर रिथति में भारत की रक्षा के काम में लगे हैं इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ गुफा के दर्शन कर पूजा अर्चना की उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पूर्व श्रीनगर में सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी उन्होंने सैन्य बलों से कहा कि वे पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दें एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री ने सैनिकों से कहा कि वे पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर कड़ी निगरानी रखें केन्द्र सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नये नियमों का पालन करने की सलाह दी है कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें सैनिटाइजर का प्रयोग करें और चेहरे को न छुएं जरूरत वाले सामान की पहले से सूची तैयार कर लें बाजार जाते समय अपना थैला साथ ले जायें और ध्यान रखें कि इसका संपर्क सतह से कम हो सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से बचें ताकि संक्रमण से बचा जा सके भुगतान के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करें जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो